राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय यात्रा पर आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं

दीक्षांत समारोह के बाद आज शाम को राष्ट्रपति जबलपुर के ग्वारीघाट में नर्मदा आरती में शामिल होंगे राष्ट्रपति कल दमोह भी जाएंगे और रानी दूर्गावती के प्रसिद्ध सिंगौरगढ़ किले के नवीनीकरण कार्य का श्भारम्भ करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति भी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे जबलपुर स्थित राज्य न्यायिक अकादमी नए सिविल जजों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को गुणवत्ता पूर्ण न्यायिक शिक्षा प्रदान कर रही है अकादमी में मौजूदा जजों के लिए भी नियमित रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जाते हैं

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सक्षम नीतियों कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है उन्होंने कहा कि इसमें व्यवहार में बदलाव सबसे कारगर उपाय है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय परम्पराओं में यह सीख निहित है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तर्कसंगत तरीके से किया जाए प्रधानमंत्री ने खेती के लिए लगातार आध्निक तरीके अपनाने वाले किसानों की सराहना की उन्होंने कहा कि किसान मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने और कीटनाशकों के कम इस्तेमाल को लेकर काफी जागरुक हो रहे हैं उन्होंने कहा कि दुनियाभर में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक खाद्य पदार्थो और जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है ऐसे में भारत अपने मसालों तथा आयुर्वेद से जुड़े उत्पादों के जरिए इस बदलाव में बड़ा भागीदार बन सकता है सीएम कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि तीन दिनों में कोरोना के प्रकरणों में कमी नहीं आई तो भोपाल और इंदौर में आठ मार्च से रात्रि कफ़र्यू लगाना पड़ेगा उन्होंने कल भोपाल में कोरोना समीक्षा बैठक में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया

श्री चौहान ने कहा कि कोरोना का यह रूप तुलनात्मक रूप से अधिक संकामक है और कोरोना संकमण से बचाव के लिये अब भी सकारात्मकता बरतना जारी रखना चाहिये

श्री चौहान ने महाराष्ट्र से लगे जिलों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिये

समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी जिसमें तैयारी की रूपरेखा तय की जाएगी सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस अवसर को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाना चाहती है इस उपलक्ष्य में विभिन्न मंत्रालयों से आयोजित कार्यक्रमों के बारे में मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति गठित पहले ही गठित कर ली गई थी इसके लिए सचिवों की समिति भी बनाई जा चुकी है तोमर कृषि केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिये काफी संभावनाए हैं उन्होंने कल ग्वालियर में खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उद्यमियों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर खाद्य प्रसंस्करण की इकाईया लगाने की अपील की श्री तोमर ने कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा और छोटे और मझोले किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह भी मौजूद थे केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण की संयुक्त सचिव रीमा प्रकाश ने कहा कि मध्यप्रदेश तिलहन दलहन औषधीय और कच्चेमाल का प्रसंस्करण कर इस क्षेत्र में तरक्की कर सकता है

न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिये तीन अधिवक्ताओं विवेक शरण निधि पाटनकर और प्रणय वर्मा के नाम तय किये हैं राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी